कल नई दिल्ली में संवाददाताओ से बातचीत में श्री ओराम ने कहा कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे जिनमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के अलावा खेल प्रशिक्षण और कौशल विकास की विशेष सुविधाएं होगी श्री ओराम ने बताया कि दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार देश में पांच सौ चौसठ उप जिलों में पचास प्रतिशत से अधिक और कम से कम बीस हजार जनजातीय आबादी है उन्होंने कहा कि यह एकलव्य विद्यालयों की स्थापना से जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा देगा केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने आज अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिवांग वैली जिले के रोईंग में राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी उन्होंने लोहित और दिवांग नदी पर दो पूलों का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई एक हजार आठ सौ चार किलोमीटर थी जो इस वर्ष दो हजार आठ सौ पिचासी किलोमीटर हो गई उन्होंने बताया कि केवल अरुणाचल प्रदेश में ही अटठाईस हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजनाओं का काम चल रहा है श्री गडकरी ने बताया कि उनके विभाग ने सड़क निर्माण कार्य पर दस लाख़ करोड़ रुपये खर्च किए हैं उन्होंने कहा कि हर परियोजना को पूरी पारदर्शिता से और समयबद्ध तरीके से मंजूरी दी गई श्री गडकरी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिससे यह राज्य भविष्य में जैव ईंधन का केंद्र बन सकता है उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर और किसानों की आय भी बढ़ेगा इसके बाद जिरों में एक अन्य समारोह में श्री गडकरी ने चार सौ बहत्तर किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखी इस पर लगभग पांच हजार पांच सौ चौरासी करोड़ रुपये की लागत आयेगी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे नीति आयोग ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करने के काम में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर वर्ष दो हजार बाईस तेईस तक उनका कामकाज शुरु करने पर बल दिया है

इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में गैर संचारी रोगों मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों आघात देखभाल आपात चिकित्सा जैसी बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए गैर संचारी रोगों पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए ही जीत हासिल की जा सकती है आयोग ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरु करने के निर्णय को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियों कार्यक्रम की इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेंद्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपेन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है

असम सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की है ये है असम किसान ऋण सब्सिडी योजना असम किसान ब्याज राहत योजना और असम किसाण प्रोत्साहित योजना गुवाहाटी में पत्रकार से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सभी तीनों योजनाओं के अंतर्गत पहले चरण में पांच लाख किसानों को कवर किया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताईस लाख कृषि परिवार है और किसान ऋण सब्सिडी योजना से किसानों के दो लाख बासठ हजार परिवारों को फायदा होगा